केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए चिकित्सकों से मांगे सुझाव

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस किश्त को लाभार्थी किसानों के लिए जारी किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री ने किसानों से अपने खेतों में कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की

इनमें उप तहसील कार्यालय का लोकार्पण शामिल है उन्होंने पालमपुर में भी विकास परियोजनाएं जनता को समर्पित कीं पालमपुर में एक सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से करीब अढ़ाई लाख लोगों को घर वापस लाया है लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस नेता सरकार के इन प्रयासों का भी विरोध कर रहे हैं

मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी विभिन्न मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया भी इस दौरान मौजूद रहे दौरा स्थगित मुख्यमंत्री का आज ऊना ज़िले का दौरा भी प्रस्तावित था लेकिन खराब मौसम के चलते इसे रद्द कर दिया गया इस दौरान मुख्यमंत्री का ऊना कुटलैहड़ और हरोली विधानसभा क्षेत्रों में करीब दो सौ करोड़ रूपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करने का कार्यक्रम था वीरेन्द्र कंवर इस बीच ऊना ज़िले के थाना खास में एक कार्यक्रम में कृषि व पश्पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सरकार ने अगले डेढ़ वर्ष में प्रदेश की सभी सड़कों को बेसहारा पशुमुक्त करने का लक्ष्य रखा है

पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी इस दौरान मौजूद रहे सैजल स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए अभिभावकों व अध्यापकों को तालमेल बनाकर कार्य करने की ज़रूरत है सोलन में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नशा समाज के लिए एक गम्मीर चुनौती बनकर उभरा है राजीव सैजल ने कहा कि इस दिशा में पुलिस प्रशासन को भी सतर्कता से कार्य करना होगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशे को जड़ से समाप्त करने के लिए योजनाबद्व ढंग से कार्य कर रही है और इसके लिए पड़ोसी राज्यों का भी सहयोग लिया जा रहा है राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने कहा है कि गरीब किसानों व असहाय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं घुमारवीं में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल रैली में उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ दूरदराज क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से लोगों को मिलने वाले राशन की गुणवत्ता सुनिश्चित बनाई जा रही है निलंबन राज्य पथ परिवहन निगम के चम्बा डिपो में लाखों रूपए के कथित भ्रष्टाचार मामले में क्षेत्रीय प्रबंधक अनुभाग अधिकारी और कैशियर को निलंबित किया गया है

हमारे ज़िला संवाददाता विकास ठाकुर के अनुसार हिमाचल परिवहन मजदूर संघ के अध्यक्ष शंकर सिंह ठाकुर द्वारा इस संबंध में मुख्यमंत्री हैल्पलाइन में शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है मामले पर अपनी प्रतिक्रिया में परिवहन मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि निलंबन के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है

उन्होंने चिकित्सा को रोजगार से जोड़ने के लिए भी सुझाव देने को कहा है अनुराग ठाकुर आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा लोगों को सुविधा देने की दिशा में उठाया गया एक अभिनव कदम है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आयुर्वेदिक पद्धति से भी उपचार कर कई असाध्य रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है

उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने उनके निवास स्थान जाकर उन्हें राष्ट्रपति की ओर से शॉल व अंगवस्त्र भेंट किए और उनके स्वस्थ जीवन की कामना की स्वतंत्रता सेनानी देवी राम ने इस सम्मान के लिए सरकार का आभार जताया

निधन प्रसिद्ध लोक गायिका शांति बिष्ट का आज सुबह निधन हो गया

कांगड़ा कल्वर वेल्फेयर सोसायटी शिमला के अध्यक्ष ओपी शर्मा ने उनके निधन पर दुःख व्यक्त किया है आभार कुल्लू ज़िला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने शरण गांव को हथकरघा गांव के रूप में चुनने पर केन्द्र का आभार जताया है उन्होंने कहा कि इस फैसले से हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और ये गांव पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बनेगा

इनमें एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान चलाया गया है और लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों में स्थिति पहले की तरह सामान्य रहेगी